मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शिमला में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में ये फैसला लिया गया

बैठक में सार्वजनिक परिवहन को आगामी आदेशों तक बंद रखने व निजी वाहनों को आपात स्थिति में ही चलाने की स्वीकृति देने का निर्णय भी लिया गया मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लोगों से कोरोना महामारी को काबू करने में इस कर्फ्यू के प्रभावी कार्यान्वयन में सहयोग का आग्रह किया है ऑक्सीजन प्लांट मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला से वर्चुअल माध्यम से हमीरपुर और चंबा मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन संयंत्रों का लोकार्पण किया चंबा के ऑक्सीजन प्लांट की क्षमता चार सौ पीएलएम और हमीरपुर के प्लांट की क्षमता तीन सौ पीएलएम है मुख्यमंत्री ने कहा कि ये दोनों संयंत्र इन चिकित्सा महाविद्यालयों में भर्ती मरीजों को निर्बाध रूप से ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे

इस दौरान केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार कोरोना महामारी से निपटने के लिए राज्य को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार ध्रमल स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल और सांसद किशन कपूर भी वर्चुअल माध्यम से मौजूद रहे धूमल इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन प्लांट के शुभारंभ के लिए केंद्र व प्रदेश सरकार का आभार जताया है उन्होंने कहा कि ये प्लांट ऑक्सीजन की मांग को पूरा करने और रोगियों के जीवन रक्षण में सहायक सिद्ध होगा

उन्होंने कहा कि ये ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर विभिन्न हिमाचली कल्याणकारी संस्थाओं का उपलब्ध करवाए जाएंगे अनुराग ठाकुर ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के कारण संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है जिसके परिणामस्वरूप देशभर में ऑक्सीजन की मांग भी बढ़ी है उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार व राज्य सरकारें इस विपदा से निपटने के लिए आपसी तालमेल से सभी जरूरी कदम उठा रही है

उन्होंने आज स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ इस अस्पताल का दौरा करने के बाद ये जानकारी दी उन्होंने कहा कि अस्पताल के सभी बिस्तरों पर पाइप के द्वारा ऑक्सीज़न उपलब्ध करवाने के लिए कल से ऑक्सीज़न युनिट बनाने का कार्य भी शुरू किया जाएगा जिसे एक सप्ताह में पूरा कर लिया जाएगा हिमाचल कोरोना प्रदेश में कोरोना संकमण के मामलों में वृद्धि लगातार जारी है

सुरेश कश्यप प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा कोरोना महामारी से लड़ने के लिए किए जा रहे अथक प्रयास सराहनीय है उन्होंने कहा कि सरकार कोरोना महामारी से निपटने और कोविड मरीज़ों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रभावी कार्य कर रही है

पंचायतों ने निर्देशों के प्रतियां सार्वजनिक स्थानों पर लगा दी हैं ताकि सभी लोग इन आदेशों से अवगत हो सके इन आदेशों की अवहेलना पर एक हजार रूपए जुर्माने का प्रावधान है